प्रधानमंत्री ने कहा कि परीक्षा में अच्छे अंक ही सब क्छ नहीं असफलता में भी सफलता का रासता पूंश जा सकता है हरियाणा में अध्यापकों व छात्रों ने प्रधानमंत्री के सुझावों पर सहमति जताई

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि परीक्ष में अच्दे अंक ही सब क्छ नहीं है और विद्यार्थियों को इस सोच से बाहर निकलना चाहिए उन्होंने कहा कि शिक्षा नई चीज़ों को सीखने का एक तरीका है और काफी क्छ सीखने की जरूरत है प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में विद्यार्थियों अध्यापकों और उनके अभिभावकों से बातचीत कर रहे थे कार्यक्रम के दौरान प्रश्नों का उतर देते हये प्रधानमंत्री ने कहा कि असफलता में भी सफलता का रास्ता पूंधा जा सकता है उन्होंने कहा कि परीक्षा के दौरान खराब मूड के लिए बाहरी कारक ज्यादा जिम्मेदार होते है पाठ्यक्रम के अतिरिक्त अन्य गतिविधियों के महत्व के बारे में बात करते हये प्रधानमंत्री ने कहा कि गतिविधियों में हिस्सा न लेने वाला व्यक्ति रोबोट की तरह बना जाता है उन्होंने कहा कि प्रत्येक बच्चे को उसकी मन मर्जी की गतिविधियों में शामिल होने की अन्मति दी जानी चाहिए श्री मोदी ने कहा कि प्ररेणा और निरूत्साह बहत आम बात है और सब मे ये भावनायें होती है उन्होंने कहा कि असफलता का मतलब यह कतई नहीं है कि हम सफल नहीं हो सकते बल्कि इसका आश्य ये है कि सर्वश्रेष्ठ परिणाम आना अभी बाकी है

उन्होंने कहा कि हर विफलता से सीख लेकर सफलता की ओर बढ़ना चाहिए इलैक्ट्रोनिक उपकरणों पर अधिक समय बिताने के द्वष्प्रभावों वारे प्रधानमंत्री ने स्झाव दिया कि टेकनालोनजी के प्रयोग को अपने नियंत्रंण में रखा चाहिए ताकि इससे समय बबार्द न हो उन्होंने कहा कि प्रतिदिन एक टेकनोलजी म्क्त घंटा भी होना चाहिए और विद्यार्थियें को यह समय परिवार दोस्तो किताबों पालतू जानवरें और बगीजें में बीतना चाहिए श्री मोदी ने कहा कि प्रौद्योगिकी के कारण सामाजिक मेल जोल मे कमी आई है उन्होंने कहा कि इससे लोग अपनों से मिलते थे और उनके साथ साथ व्यतीत करते थे मौलिक कर्तव्यों के महत्व पर एक सवाल का जवाब देते हये प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई कि ये पीढ़ी संविधान में निहित मौलिक कर्तव्यो के अन्सार ख्द को ाल कर कार्य करेगी

प्रधानमंत्री ने ये परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम की तीसरी कड़ी थी जिसमें देश भर से दो हजार से अधिक विद्यार्थियों उनके अभिभावकों और शिक्षकों ने हिस्सा लिया रिवाड़ी से मिली इस कार्यक्रम में सीधे संवाद के लिए तीन बच्चों का चयन किया गया था रिवाड़ी के केन्द्रीय विद्यालय में प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम को देखने के बाद छात्रों ने कहा कि कार्यक्रम से उनका मनोबल बढ़ा है प्रधानमंत्री द्वारा आज परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को इस बार भी हरियाणा में अध्यापकों व छात्रों द्वारा काफी सराहा गया है पंचकूला के सेक्टर छ के सरकारी सीनियर सकेंडरी स्कूल के प्रधानाचार्य रजनीश सचदेवा ने कहा कि प्रधानमंत्रीने अपनी बातचीत से विद्यार्थियों अभिभावकों व अध्यापकों के कई प्रश्नों का निवारण किया वहीं रतनेवाली स्थित सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की व्याख्याता प्जा बेनीवाल ने प्रधानमंत्री के कर्तव्य व अधिकार बारे उत्तर पर सहमति जताते हये कहा कि पूरी निष्ठा से पढ़ाना अध्यापकों का कर्तव्य है

वहीं इसी स्कूल के छात्र अर्ष शर्मा अंजलि व शिवानी ने आकावाणी को बताया कि उन्हें जो परीक्षाभवन में तनाव म्क्त रहने का मंत्रदिया उससे वे काफी प्रभावित हये है

ये प्रस्ताव संसदीय मामलों के मंत्री कंवर पाल ने रखा प्रस्ताव पारित होने से हरियाणा में अन्सूचित जाति और अन्सूचित जनजातियों को और दस वर्ष के लिए आरक्षण मिल गया है विधानसभा का ये विशेष सत्र इसलिये बुलाया गया था इससे पहले राज्यपाल सत्यदेव आर्य ने सदन को सम्बोधित करते हये कहा कि वे अपना अभिभाषण बजट सत्र में पढ़ेगे विधानसभा में आज पिछले सत्र से लेकर इस सत्र तक दिवंगत हई आत्माओं को श्रद्वाजंलि भी दी गई इस सम्बधी प्रस्ताव मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रखा जिसका विपक्ष ने नेता भूपेन्द्र सिंह हडडा ने अन्मोदन किया शोक प्रस्तव पारित होने पर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद ग्प्ता ने सदन को बताया कि दिवंगत आत्माओ के परिवारों को शोक संदेश भिजवा दिया जायेगा आज जिनको सदन में श्रदवाजंलि दी गई उनमे पूर्व केन्द्रीय राज्य मंत्री ईश्वर दयाल स्वामी वरिष्ठ कांग्रेसी नेता शमशेर सिंह स्रजेवाला पूर्व सांसद अश्विनी क्मार तथा हरियाणा के स्वतंत्रा सेनानी श्री निहाल सिंह और सरदार तारा सिंह हरियाणा के शहीद और मंत्रियों सांसदो व विधायकों के करीबी रिश्तेदार शामिल है इसकेअलावा आज सदन की मेज पर क्छ जरूरी कागज़ पत्र भी रखे गये और कार्य सलाहकार समिति की पहली रिपोर्ट प्रस्तुत की गई

हरियाणा विधानसभा द्वारा विधायकों के लिये कल और परसो दो दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है ये प्रशिक्षण विधानसभा सदन कक्ष में कल तीन बजे श्रू होगा

भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष जे पी नड्डा को आज निर्विरोध बीजेपी का अध्यक्ष चना गया है

इससे पहले आज राजधानी में पार्टी मुख्यालय में पार्टी की शीर्ष पद के लिए नामांकन प्रक्रिया आयोजित की गई थी केन्द्रीय मंत्रियों और बीजेपी शासित राज्यों के म्ख्यमंत्रियों सहित पार्टी के नेताओं ने श्री नड्डा की उम्मीदवारी के समर्थन में नामांकन दाखिल किये गत वर्ष ज्लाई में श्री नइडा को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष निय्क्त किया गया था वे लंबे समय से बीजेपी संसदीय बोर्ड के सदस्य है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने श्री जे पी नड्डज को पार्टी अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी है

कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप स्रजेवाला के पिता शमशेर सिंह स्रजेवाला ने कई पदों पर रह कर प्रदेश की सेवा की

श्री स्रजेवाला हरियाणा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष व सरकार में मंत्री भी रहे उन्होंने हरियाणा कृषक समाज के अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी निभाई और किसानों के अधिकारों के लिये लड़े पार्टी से मिली जानकारी के अनुसार श्री राहल गांधी ने रणदीप सिंह स्रजेवाला से मिलकर संवदेना व्यक्त की और उन्हें सांत्ववना दी

कांग्रेस नेता किरण चौधरी व अन्य कई नेताओं ने रणदीप सिंह स्रजेवाला से मिलकर शोकसंतप्त परिवार के प्रति सहान्भूर्ति जताई हरियाण के पूर्व पार्टी प्रवक्ता अशोक बानीवाला ने शमशेर सिंह सुरजेवाला के निधन पर शोक व्यक्त करते हये कहा कि उनके निधन से प्रदेश की राजनीति में श्न्य की स्थिति पैदा हो गई उधर हरियाणा में कांग्रेस विधायकों ने श्री स्रजेवाला का भावभीनी श्रद्वाजंलिदी नेता प्रतिपक्ष भूपेन्द्र सिंह हडडा के नेतृत्व में विधानसभा संत्र की शुरूआत से पहले कांग्रेस विधायक दल की एक बैठक हई जिसे दो मिनट का मौन रख कर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई कांग्रेसी विधायकों ने श्री सुरजेवाला ने राजनीतिक सता और प्रदेश में उनके योगदान को याद किया हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद कुमारी सैलजा ने कांग्रेस नेता श्री शमशेर सिंह स्रजेवाला के निधन पर संवेदना व्यक्त करते हए उन्हें श्रद्धांजलि दी है